आज यम्नानगर फरीदाबाद और पंचकूला जिलों में दो दो कोविड मरीजों की मृत्य् होने की खबर है सिरसा जिले में भी एक कोविड मरीज़ की मृत्यु ह्ई है

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेर ने आज केन्द्रीय मंत्री हरदीप प्री और म्ख्तार अब्बास नकवी के साथ ई वाहनों बारे चर्चा की

पलवल से विधायक दीपक मंगला ने सरकार की ओर से किसानों सम्बधी लाये गये विधेयकों को किसानों के हित मे और उनक आय बढ़ाने वाले बताया है

उन्होंने कहा कि इससे क़षि क्षेत्र में परिवर्तन होगा और खेतीबाड़ी लाभदायक व्यवसाय बना जायेगा इन अध्यादेशों मे मंडी व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है बल्कि किसानों का अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा विकल्प दिये गये है इन अध्यादेशों से कोई कालाबाजारी भी नहीं बढ़ेगी किसी चीज़ की कमी होने पर सरकार भंडारण को अपने अधिकार में ले सकेगी श्री मंगला ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है यदि किसानों की तरफ से कोई स्झाव आयेगा तो सरकार उस पर विचार करेगी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कृषि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हये कहा कि भ् अधिग्रहण कानून का डर दिखाकर लाखों एकड़ उपजाऊ भूमिक को छीने वाली कांग्रेस किसानों की हितैषी कैस हो सकती है वे आज रोहतक मे कृषि अध्यादेशों से सम्बधित एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांगेस के नेता और दूसरे विपक्षी नेता सभी किसानों के हित मे सरकार को अच्छे सुझाव देने के हित बजाय ओच्छी भ्रमित और भड़काऊ सियासत कर रहे है उन्होंने कहा कि किसानों की ज़मीन औने पौने भाव लेकर बिल्डरों को बेचने वाले नेता किसान हितैषी होने का दम भर रहे है भिवानी से आज विभिन्न किसान संगठनों ने किसानों सम्बधी तीन अध्यादेशों का पक्ष लेते हये इन्हें लागू करवाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और उपाय्क्त के माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का ज्ञापन सौंपा किसान नेता ग्रमीत ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के हित में है और इनसे किसानों का फायदा होगा उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा और किसानों की ई रजिस्ट्री का सारा लेखा जोखा होगा एवं किसान अपनी फसलों और बीज़ों का मूल्य तय कर सकेगा

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हये और उन्होंने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर अपने विचार रखें इस वर्घ्अल संवाद कार्यक्रम में केन्द्रीय राजय मंत्री रतन लाल कटारिया दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरा विश्व मानता है उन्होंने देश के कई अहम मुद्दों को सूझबूझ के साथ स्लझाया है श्रीमती ढांडा आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर म्ख्यातिथि बोल रही थी इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एंव कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के क्लपति श्रेयांश दिवेदी ने म्ख्य वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री क जीवन व कार्यशैली के बारे में अवगत कराया राजय मंत्री ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बना है

विश्वविदयालय के क्लपति प्रो दिनेश कृमार ने बताया कि इस अवसर पर म्ख्यमंत्री कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगे और आत्मनिर्भर भारत में य्वाओं की भूमिका एवं भागीदारी को लेकर अपने विचार रखेंगे

सिरसा मे एक प्लिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गये व्यक्यिों की पहचान सिरसा क रानियां क्षेत्र निवासी भजन सिंह व सतपाल के रूप में हुई है उन्होंने बताया कि पकड़े गये व्यक्तियों से नशे की आपूर्ति करने वालों का नाम पता मालूम कर तीन लोगों के खिलाफ थाना ऐलानाबाद में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उनकी तलाश श्रू कर दी गई है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव म्ख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश ग्प्ता ने बताया कि ई लोक अदालत मे एक स्थायी अदालत के अलावा आठ अदालते लगाई जायेगी ई लोक अदालत में पारिवारिक विवाद मोटर द्र्घटना सम्बधी म्कदमें और आपराधिक मामलों की सूनवाई होगी पंचक्ला जिले में मोरनी मार्ग और पहाड़ी क्षेत्र में सड़क द्र्घटनाओं की संभावना ट्रैफिक जाम और आमजन को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हये मोरनी की तरफ शनिवार व रविवार को मोटर वाहनों के प्रवेश पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है यह आदेश तीन महीने तक अस्थाई रूप से लागू किये गये है

इसके लिए उन्हे मोरनी क्षेत्र का निवासी होने का उचित प्रमाण पत्र प्लिस नाके पर दिखाना होगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन जिलों में अम्बाला फरीदाबाद गुरूग्राम मेवात करनाल क्रूक्षेत्र झज्जर रोहतक पंचक्ला पलवल पानीपत सोनीपत और यम्नानगर जिले शामिल है राष्ट्रीय स्वास्स्थ्य मिशन हरियाणा के मिशन प्रभजोत सिह ने इस सम्बध में सम्बधित विभागों की वर्चुअल बैठक ली उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकताओं को उनके क्षेत्र की टीकाकरण टीम में शामिल करने और जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारियों सहित सभी विभागों का पोलियो अभियान क बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार करने के निर्देश भी दिये